कहा सरकार की ट्रेस टेस्ट और ट्रीट नीति से राज्य में कोरोना के मामलों में आ रही है कमी प्रदेश के पांच और जनपदों में अट्ठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण आज से होगा शुरू प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में कोविड संक्रमण के दस हजार छः सौ बयासी नये मामले सामने आये चौबीस हजार आठ सौ सेंतीस लोग हुए स्वस्थ कोरोना संक्रमण में बढोतरी जारी है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

मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करके राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति का आकलन किया उन्होंने प्रदेश सरकार की महामारी प्रबंधन रणनीति का भी जायजा लिया बाद में मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि राज्य में कोरोना प्रबंधन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है उन्होंने कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्यता ऑक्सीजन की आपूर्ति और टीकाकरण के संबंध में मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया

उन्होंने जनपदों में एकीकृत कोविड नियंत्रण और कमाण्ड केन्द्रों तथा टीकाकरण केन्द्रों का निरीक्षण किया श्री योगी ने गौतमबुद्वनगर जनपद के एक गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी निरीक्षण किया और स्वास्थ्यकर्मियों व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से बातचीत की

उन्होंने कहा कि ट्रेस टेस्ट और ट्रीट नीति के साथ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप राज्य में संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आयी है और पिछले पन्द्रह दिनों में कोविड के सक्रिय मामले एक लाख सैंतालीस हजार तक कम हुए हैं उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में प्रतिदिन ढाई लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा रही है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड मरीजों को निःशुल्क जांच और उपचार उपलब्ध करा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी सामने आ रही है इसके उपचार के लिये स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की सम्भावित तीसरी लहर से निपटने के लिये प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है और सभी जनपदों और मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिये आईसीयू तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये घर घर जाकर जांच का अभियान श्रू किया है हर ग्राम पंचायत में निगरानी समितियां बनायी गयीं हैं जो कोविड के संदिग्ध रोगियों की पहचान कर के जिले के एकीकृत कोविड नियंत्रण और कमाण्ड केन्द्र को सूचित करतीं हैं बाद में रैपिड रिस्पॉन्स टीम सम्बन्धित इलाकों में जाकर कोविड की जांच करती हैं और लोगों को मेडिकल किट उपलब्ध करायी जाती है

इसके अलावा नगर पंचायतों के लिये सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये गये हैं

नोडल अधिकारी संबंधित जनपद की अपनी समीक्षा रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्य सचिव कार्यालय और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को ई मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे नोडल अधिकारी जनपद की सभी निगरानी समितियों को सक्रिय करते हुए इनके द्वारा घर घर जाकर किये जा रहे स्क्रीनिंग कार्य का अनुश्रवण करेंगे नोडल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि निगरानी समितियों के पास मेडिकल किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और उसे लक्षणयुक्त संदिग्ध व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाये प्रदेश में आज से पांच और जनपदों में अट्ठारह से चौवालीस वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो रहा है जिन जिलों में टीकाकरण शुरू होगा उनमें आजमगढ़ गोण्डा बस्ती मिर्जापुर और बांदा शामिल हैं इस तरह अब राज्य के तेईस जनपदों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जायेगा उधर राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है अब तक एक करोड़ उन्चास लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है इनमें से एक करोड़ सोलह लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और बत्तीस लाख छाछठ हजार से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है प्रदेश में अट्ठारह से चौवालीस वर्ष की आयु वर्ग के चार लाख चौदह हजार सात सौ छत्तीस लोगों को टीका लगाया गया है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है पिछले चौबीस घंटों में महामारी से संक्रमित होने वालों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा है

सक्रिय मामलों की संख्या घट कर एक लाख तिरसठ हजार तीन हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में तीन सौ ग्यारह लोगों की मृत्यु हुयी है प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है एक दिन पूर्व दो लाख सड़सठ हजार चार सौ बीस नमूनों की जांच की गयी अब तक लगभग चार करोड़ सेंतालीस लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कल कानपुर नगर के उर्सला अस्पताल में ऑक्सीजन जेनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिये चिकित्सा व्यवस्था से सम्बन्धित मूलभूत सुविधाओं को लगातार बढ़ा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करायी जा रही है श्री महाना ने कहा कि कानपुर मेडिकल कॉलेज जीएसवीएम में भी ऑक्सीजन संयंत्र लग रहा है और जल्द ही उर्सला अस्पताल में दूसरा ऑक्सीजन संयंत्र भी लग जायेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महामारी की सम्मावित तीसरी लहर से निपटने के लिये तैयारियां तेज कर दी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी की स्थिति में दबाव झेल रहे बच्चों की जानकारी उनकी तस्वीरें और संपर्क सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाना चाहिए कानून के अनुसार उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि ऐसे बच्चे जिसके माता पिता महामारी को कारण नहीं रहे हो उसकी सूचना पुलिस बालकल्याण समिति या चाइल्ड हेल्प लाइन एक शुल्य नौ आठ पर दी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का कानूनी रूप से गोद दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए अरूणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सम्भल जिले के आईटीबीपी के जवान प्रदीप यादव का कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतुक गांव तहसील चन्दौसी के चितौरा में अन्तिम संस्कार किया गया

जिलाधिकारी संजीव रंजन ने परिजनों को सरकार की ओर से हरसम्भव सहायता देने का आश्वासन दिया झांसी में बीती रात एक सड़क दुर्घटना में एक बच्चे सहित चार लोगों की मृत्यु हो गयी दुर्घटना जनपद के एरच थाना क्षेत्र के कोटर मार्ग पर उस समय हुयी जब एक कार और दो मोटरसाइकिल आमने सामने से भिड़ गयीं